वित्तमंत्री अर्थव्यवस्था देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज नागरिकों और व्यापार जगत को राहत देने वाले कई उपायों की घोषणा की अगले तीन महीनों के दौरान लोग बिना शुल्क दिये किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से अपने डेबिट कार्ड के द्वारा पैसा निकाल सकते हैं सरकार ने न्यूनतम बकाया अनिवार्य राशि को भी रद्द कर दिया है इसके अलावा पिछले वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तिथि आगे बढ़ाकर तीस जून कर दी गई है उन्होंने कहा कि आयकर देने में देरी पर लगने वाला ब्याज दर बारह प्रतिशत से घटाकर नौ प्रतिशत कर दिया गया है पैन कार्ड और आधार कार्ड को जोड़ने और विवाद से विश्वास योजना की अवधि भी तीस जून तक बढ़ा दी गई है वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि मार्च अप्रैल और मई के लिए जीएसटी और कोम्पोजिशन रिटर्न भरने की अंतिम तिथि भी जून तक बढ़ा दी गई है कस्टम क्लेयरेंस हर दिन चौबीस घंटे खुला रहेगा

उन्होंने ट्वीट कर बताया कि वे नोवल कोरोना महामारी से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी साझा करेंगे कोरोना वायरस का संकट उत्पन्न होने के दौरान छह दिन में प्रधानमंत्री का यह दूसरा संबोधन होगा प्रधानमंत्री ने कहा है कि बहुत से लोग अब भी लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं उन्होंने लोगों से निर्देशों का गंभीरता से पालन करने और स्वयं को तथा अपने परिवार को बचाने की अपील की कोरोना आवश्यक सेवा प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों के तहत राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं धान की मीलिंग डीजल पेट्रोल एलपीजी सहित कई वस्तुओं को आवश्यक सेवा घोषित किया है वहीं प्रदेश में आंगनबाड़ी कोन्द्रों को बंद किए जाने के कारण छह माह से छह साल तक के बच्चों गर्भवती और शिशुवती माताओं तथा किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है महिला और बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से रेडी दू ईट फूड घर घर जाकर हितग्राहियों को प्रदान किया जा रहा है कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने की चुनौतियों के बीच प्रदेश के नगरीय निकायों में नौ हजार से अधिक स्वच्छता दीदियां प्रतिदिन घर घर से करीब सोलह लाख किलो कचरा उठा रही हैं इसके अलावा पंद्रह हजार से अधिक सफाई मित्र आसपास के क्षेत्र को साफ करने के लिए लगातार कार्यरत् है इस बीच विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सांसद ज्योत्सना महंत विधायक सत्यनारायण शर्मा और शैलेष पांडेय ने कोरोना वायरस की रोकथाम में सहयोग के लिए एक माह का वेतन सहायता कोष में देने की घोषणा की है आम जनता स्वास्थ्य सेवाओं के लिए टोल फ्री नंबर एक सौ चार और अन्य किसी भी प्रकार की समस्याओं के लिए एक सौ बारह नंबर डायल कर संपर्क कर सकते हैं कोरोना संक्रामक रोग कोरोना वायरस को पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए संक्रामक रोग घोषित कर दिया गया है इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही यह प्रभावशील हो गई है छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट के अंतर्गत कोविड उन्नीस को छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित संक्रामक रोग माना गया है वहीं लॉकडाउन के दौरान नगरीय निकाय क्षेत्रों में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश सभी कलेक्टरों नगर निगम आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को दिए गए हैं इसी तरह खाद्य प्रसंस्करण चिकित्सा दवाइयों तथा उपकरण सहित अन्य अति आवश्यक उद्योगों को छोड़कर बाकी उद्योगों के उत्पादन तथा संचालन बंद करने का आदेश जारी किया गया है कोरोना हाईकोर्ट कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सहित प्रदेश के सभी न्यायालय इकतीस मार्च तक बंद रहेंगे उच्च न्यायालय के रजिस्टार नीलम चंद्र सांखला द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस दौरान हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई नहीं होगी केवल अति आवश्यक मसलों पर सुनवाई होगी याचिका अति आवश्यक की श्रेणी में है या नहीं इसका निर्णय न्यायालय करेगा इस अवधि में कर्मचारी घर से ही काम करेंगे और जरूरत पड़ने पर बुलाया जाएगा

प्रदेश के विभिन्न स्थानों से ऐसी खबरें जारी की जा रही हैं जिससे लोगों में भ्रम या दहशत का वातावरण बन रहा है और लोग इसकी पुष्टि के लिए संपर्क कर रहे हैं राज्य शासन द्वारा गठित राज्य स्तरीय फेक न्यूज नियंत्रण और विशेष मॉनिटरिंग सेल ने इन खबरों को गंभीरता से लिया है

कलेक्टर एस भारतीदासन के आदेश के अनुसार जिले के सभी सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सभी शासकीय अर्द्व शासकीय और अशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे लोगों को जिले की सीमा के बाहर जाने पर भी प्रतिबंधित किया गया है इसके अलावा सभी दुकानें व्यावसायिक प्रतिष्ठान कार्यालय फैक्ट्री और साप्ताहिक हाट बाजार भी बंद रहेंगे बलरामपुर जिला कलेक्टर संजीव कुमार झा ने भी जिले के सभी सीमा क्षेत्र में इकतीस मार्च तक पूर्णतः तालाबंदी करने का आदेश जारी किया है निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी कोंडागांव जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के दौरान टैक्सी ऑटो और दोपहिया वाहनों को जब्त करने के साथ ही धारा एक सौ चवालीस के उल्लंघन पर सात दुकान संचालकों के खिलाफ की गई है दूसरी ओर दुर्ग जिले के क्वारेंटाइन सेंटर एसआर हॉस्पिटल चिखली में विदेश से लौटे दो और लोगों को आईसोलेट कर रखा गया है इससे सेंटर में संदिग्धों की संख्या बढ़कर चौदह हो गई है वही जिले में पुलिस जवानों द्वारा मास्क बनाकर उनका निःशुल्क वितरण किया जा रहा है पुलिस महिला कल्याण केन्द्र में सात सौ से अधिक मास्क बनाए जा चुके हैं कोरिया जिले में पुलिस द्वारा सड़क पर बेवजह घूमने वाले पच्चीस लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है वहीं स्वास्थ्य विभाग और निगम के कर्मचारियों द्वारा विभिन्न वार्डो में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है

बलौदाबाजार जिला प्रशासन द्वारा सब्जी बाजार को बंद करा दिया गया है कलेक्टर ने लोगों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सहयोग की अपील की है सुकमा जिले में भी सीमावर्ती इलाकों को सील कर दिया गया है और लोगों की जांच की जा रही है कोरोना एहतियाती उपाय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और भीड़ से बचें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को निर्देश दिया है कि वे नये कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें अकर किसी व्यक्ति को खांसी और बुखार महसूस हो तो उसे तत्काल अपने को अन्य लोगों से अलग कर लेना है लोगों को परामर्श दिया जाता है कि बिना हाथ धोये अपने आंख नाक और मुंह को स्पर्श न करें स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश है कि बार बार साबुन और पानी से हाथ धोना जरूरी है अल्कोहल मिश्रित पदार्थ सैनेटाइजर से भी हाथ साफ रखे जा सकते हैं खांसते और छींकते समय अपने नाक और मुंह पर रूमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और इस्तेमाल किये गये टिश्यू पेपर को बंद कूड़ेदान में फेंकना जरूरी है बुखार आने सांस लेने में कठिनाई होने और खांसी की स्थिति में तत्काल डॉक्टर से परामर्श करें स्वास्थ्य मंत्रालय ने चौबीसों घंटे और सातों दिन काम करने वाली हेल्पलाइन की व्यवस्था की है इसका नंबर नोट कीजिए एक शून्य सात पांच इस नंबर से आप सलाह ले सकते हैं